आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशव्यापी फिट इंडिया अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि फिटनेस भारत में जीवन का अनिवार्य हिस्सा रहा है लेकिन समय के साथ लोग इसके प्रति उदासीन हो गये हैं उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी के आने के साथ ही शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं फिटनेस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनियमित जीवन शैली से मध्रमेह और रक्तचाप से संबंधित बीमारियां हो रही हैं जो जीवन शैली में परिवर्तन से ठीक हो सकती हैं उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अभियान लोगों को इन बदलावों के लिए प्रेरित करेगा प्रधानमंत्री ने लोगों से इस अभियान से जुड़ने को कहा अरुणाचल प्रदेश में भी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है आज ईटानगर में राज्य के खेल मंत्री मामा नातूंग ने सचिवालय से सांगे लाडेन स्पोर्ट अकादमी तक एक जागरुकता रैली को रवावा किया इसमें सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया इस अवसर पर श्री नातुंग ने लोगों से अपील की कि वे स्वस्थ्य रहने के लिए खेल को जीवन का हिस्सा बनाये उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में पच्चीसवीं वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता दस से चौबीस सितंबर तक आयोजित की जायेगी यह प्रतियोगिता राज्य में पहली बार आयोजित हो रही है इसका आयोजन ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में किया जायेगा इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों और भारतीय रेल की टीमें भाग ले रही है सभी टीमों को आठ ग्रप में विभाजित किया गया है

अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और तेलंगना को ग्रूप एच में रखा गया है प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रेलवे और मिजोरम के बीच खेला जायेगा मुख्यमंत्री पेमा खांडू और विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना उद्घाटन सत्र के दौरान उपस्थित रहेंगे

बैठक के दौरान राज्यपाल ने प्रदेश के द्रदराज के क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश का आग्रह किया उन्होंने राज्य के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर टिकाव सड़को के निमार्ण के लिए तकनिकी सहायता पर बल दिया राज्यपाल ने कहा कि अच्छी सड़को की उपलब्धता राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य के विकास और प्रदेश के प्राकृतिक संसादनों के दोहन और जैविक कृषि एवं बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए आवश्यक है केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस तक देश में पिछहत्तर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी है इन मेडिकल कॉलेजों को ऐसे स्थानों पर खोला जाएगा जहां दो सौ बिस्तरों वाले जिला अस्पताल हैं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 अपर सियांग जिले के यिंगकियोंग में कल स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दो हजार उन्नीस का शुभारंभ किया गया

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं के महत्व के बारे में जागरुक करना है जन स्वास्थ अभियत्रिकी एवं जल आपूर्ति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों लोकल लीडर्स छात्रों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल प्रस्कार प्रदान किए पैरा एथलीट दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चूने गए पहलवान बजरंग पुनिया विश्व चैंपियनशिप की तैयारी के लिए विदेश में अपने प्रशिक्षण में व्यस्त होने के कारण समारोह में शामिल नहीं हों सके उन्नीस खिलाड़ियों को अर्जुन प्रस्कार से सम्मानित किया गया जिनमें फ्रंटबॉल खिलाड़ी गुरप्रीत सिंह संधु हॉकी खिलाड़ी चिंगलेनसाना कांगुजम धावक मोहम्मद अनस हैप्टाथलिट स्वप्ना बर्मन और निशानेबाज अंजुम मुदगिल प्रमुख हैं आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार को लैंड एडवेंचर वर्ग में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय सासह प्रस्कार से सम्मानित किया गया इसके अलावा राष्ट्रपति ने द्रोणाचार्य प्रस्कार द्रोणाचार्य लाइफटाइम पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरकार भी प्रदान किए